मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वायू प्रद्षण को वैश्विक समस्या बताते हये प्रकृति का कम से कम दोहन करने की आवश्यकता पर दिया बल किसानों से की खेतों में पराली न जलाने की अपील महाराजगंज जनपद में गौ संरक्षण और संरक्षन में अनियमितताओं के आरोप में जिलाधिकारी सहित पांच वरिष्ठ अधिकारी निलंबित मऊ जिले में कल सुबह एक मकान में हुए विस्फोट में तेरह लोगों की मौत अट्ठारह अन्य घायल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे हैं उन्होंने कहा कि देश अब अनुछेद तीन सौ सत्तर समाप्त करने जैसे निर्णय करने लगा है जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था उन्होंने कहा कि जनता से मिले भारी जनादेश ने उन्हें यह कदम उठाने की ताकत दी हरियाणा में बल्लभगढ़ में कल अपनी पहली चुनाव रैली को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये पूरे देश की भावना थी कि जम्मू कश्मीर को अलगाव और हिंसा से निकाल कर सद्भाव और सशक्तिकरण की तरफ ले जाया जाए आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास और विश्वास के एक नए रास्ते पर चल पड़ा है

र के लिए का प्रति क अर्थशास्त्र के लिए दो हजार उन्नीस का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक अमिजीत बैनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर ड्यूफ्लो तथा माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है यह पुरस्कार उन्हें दुनिया से गरीबी दूर करने के बारे में उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पर काम के लिए दिया जा रहा है अट्टावन साल के प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी की उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई इसके बाद उन्होंने हॉरवर्ड विश्वविद्यालय से वर्ष उन्नीस सौ अट्गसी में पी एच डी की डिग्री हासिल की वर्तमान में वे मैसाचुसेट्स इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलोजी में अर्थशास्त्र के फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल प्रोफेसर हैं आकाशवाणी से विशेष बातचीत में अभिजीत बैनर्जी के भाई अनिरुद्व बैनर्जी ने अपने भाई की शानदार उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है राष्ट्रपति उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने के लिए प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी एस्थर ड्यूफ्लो और माइकल क्रेमर को बधाई दी है अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि उनके अनुसंधान ने अर्थशास्त्रियों को भारत और विश्व में गरीबी से लड़ने के तौर तरीकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व में गरीबी उन्मूलन के बारे में प्रोफेसर बैनर्जी ने जो प्रयोगात्मक तरीका अपनाया है उससे विश्व समुदाय को गरीबी की जबरदस्त चुनौती को समझने और इसका समाधान ढूंढने में मदद मिलेगी एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि श्री बैनर्जी ने गरीबी दूर करने के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है श्री मोदी ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार साझा करने के लिए एस्थर ड्युफ्लो और माइकल क्रेमर को भी शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वायु प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या बन गई है और इसके निवारण के लिये प्रकृति का दोहन कम से कम करने की आवश्यकता है उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ जीव का समन्वय जितना अच्छा रहेगा हमारा जीवन भी उतना ही अच्छा होगा श्री योगी कल लखनऊ में नेशनल नॉलेज नेटवर्क के तत्वावधान में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अन्तर्गत एक कार्यशाला के शुभारम्भ के अवसर पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों से अपील की कि वे फसल काटने के बाद उसके अपशिष्ट यानी पराली को खेत में न जलायें मुख्यमंत्री ने कहा कि पराली जलाने से भूसे के रूप में न केवल आप बेजुबान जानवरों का हक माारते हैं बल्कि पराली के साथ ही मिट्टी में मौजूद करोलों की संख्या में मित्र बैक्टीरिया और फफूद भी जल जाते हैं इससे पर्यावरण और खेत की उर्वरा शक्ति को स्थायी क्षति पहुंचती है इस अवसर पर उन्होंने स्वच्छ वायू मोबाइल एप का भी लोकार्पण किया इसके अलावा मेरठ शहर के अन्तर्गत तीन स्वचालित सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केन्द्रों का भी शुभारम्भ किया मुख्यमंत्री ने नदियों में जल प्रदृषण रोकने के लिए प्रदेश के नौ शहरो में निगरानी केन्द्र स्थापित करने की भी घोषणा की उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो सतत विकास के सत्रह लक्ष्य निर्घारित किये हैं उनमें से एक जलवायू परिवर्तन भी है और इस दिशा में प्रदेश में काफी काम किया जा रहा है उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश में क्ल एक सौ एक शहरों को प्रमुख वाय् प्रद्यणकारी शहरों के रूप में विन्हित किया है इनमें से पन्द्रह शहर आगरा प्रयागराज अनपरा बरेली फिरोजाबाद गजरौला गाजियाबाद झांसी कानपुर खुर्जा लखनऊ मुरादाबाद नोएडा रायबरेली और वाराणसी प्रदेश में स्थित हैं इन सभी शहरों में वायु नियंत्रण कार्य योजना तैयार कर ली गई है और इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है उन्होंने संस्थानों और लोगों से हर क्षेत्र में पर्यावरण हितैषी तकनीक विकसित करने का आहवान किया प्रदेश के महराजगंज जिले में गौ संरक्षण और संवर्धन में अनियमितताओं के आरोप में जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय सहित पांच अधिकारियों को कल शासन द्वारा निलम्बित कर दिया गया लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि जनपद महराजगंज की निचलौल तहसील के मधवलिया गो सदन में गो वंश के रख रखाव में लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही थीं शासन ने अपर आयुक्त प्रशासनिक गोरखपुर मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसने मामले की जांच की गो सदन में पच्चीस सौ निराश्रित पशु होने की बात कही गयी थी लेकिन जांच में मौके पर नौ सौ चौवन पशु ही मिले इसके अलावा जांच समिति ने निरीक्षण के दौरान यह भी पाया कि गो सदन की पांच सौ एकड़ भूमि में से अधिकारियों ने गैरकानूनी तरीके से तीन सौ अट्ठाईस एकड़ भूमि किसानों फर्म एवं अन्य व्यक्तियों को दे दी जांच में पशु चारे की धनराशि के दुरूपयोग की भी पुष्टि हुयी निलश्वित अधिकारियों में जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय के अलावा गो सदन मधवलिया के नामित सदस्य एवं तत्कालीन उप जिलाधिकारी निचलौल देवेन्द्र कुमार एवं वर्तमान उप जिलाधिकारी सत्यम मिश्रा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी महराजगंज डॉक्टर राजीव उपाध्याय और उप मुख्य चिकित्साधिकारी निचलौल डॉक्टर वीके मौर्य शामिल हैं डॉक्टर उज्जवल क्मार को महराजगंज का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है प्रदेश के मऊ जिले की नगर पंचायत वलीदपुर के मुहल्ला बिचलापुरा में कल सुबह एक मकान में हुए धमाके में तेरह लोगों की मौत हो गई दुर्घटना में महिलाओं और बच्चों सहित अट्ठारह लोग घायल हुए हैं इस बड़ी दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिये गये हैं आजमगढ़ की मंडल आयुक्त कनक त्रिपाठी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये एलपीजी सिलिण्डर फटने से हुआ हादसा लगता है जो एक तीन मंजिला इमारत में सुबह के समय हुआ जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि सुबह छः बजे के बाद नाश्ता बनाने के दौरान हुये विस्फोट में दो मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गये और इसके मलवे में चौबीस से अधिक लोग दब गये मलबे की चपेट में स्कूल जा रहे कुछ बच्चे और राहगीर भी आ गये केन्द्रीय अल्प संख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को गुणवत्तापरक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति गम्भीर है क्योंकि इसके बिना उनका सशक्तिकरण संभव नहीं कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अत्यसंख्यक विकास और वित्त निगम के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि एन डी ए सरकार का प्रयास है कि पैसे की कमी के कारण अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी छात्र अच्छी शिक्षा से वेचित न रह जाये श्री नकवी ने कहा कि एन डी ए सरकार सबका विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए काम कर रही है उच्चतम न्यायालय में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई अन्तिम चरण में पहुंचने के बीच अयोध्या में आगामी दस दिसम्बर तक धारा एक सौ चौवालीस लागू कर दी गयी है जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया अयोध्या में जिलाधिकारी के अनुमति के बिना पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगायी गयी है साथ ही असलहों के प्रदर्शन पर भी पाबंदी रहेगी अयोध्या में चौदह कोसी और पंच कोसी परिक्रमा नवम्बर के प्रथम सप्ताह में शुरू हो रही है परिक्रमा के इलाके भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे केन्द्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम सचिव डॉक्टर अरुण कुमार पांडा ने कहा है कि सरकार की योजनाओं से उद्यमों को ऋण प्राप्त करने बाजार में पहुंच बनाने और टैक्नॉलोजी संबंधी सहायता प्राप्त करने के तौर तरीकों में स्पष्ट बदलाव आया है आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में डॉक्टर पांडा ने कहा कि महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें तीन प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है